पूर्व मध्य रेल के हाजीपुर बछवारा रेलखंड पर सहदेई बुजुर्ग स्टेशन के पास आज सुबह जोगबनी से नई दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल जा रही सीमांचल एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो गयी इस दुर्घटना में छह यात्रियों की मौत जबकि छत्तीस अन्य घायल हो गए हैं सभी घायलों को इलाज के लिए हाजीपुर के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है पूर्व मध्य रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि सुबह तीन बजकर अंठावन मिनट पर महनार और सहदेई बुजुर्ग स्टेशन के बीच यह दुर्घटना हुई उन्होंने बताया कि घटनास्थल पर राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के सदस्य राहत और बचाव के काम में जुटे हुए हैं दुर्घटना से संबंधित किसी भी जानकारी के लिये रेलवे ने सोनपुर में शून्य छह एक पांच आठ दो दो एक छह चार पांच हाजीपुर में शून्य छह दो दो चार दो सात दो दो तीन शून्य और बरौनी में शून्य छह दो सात नौ दो तीन दो दो दो दो नम्बर जारी किए हैं रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव ने घटनास्थल का दौरा कर द्र्घटना के कारणों की जांच पड़ताल की है वहीं श्री यादव ने बाद में हाजीपुर अस्पताल में भर्ती मरीजों का हाल चाल भी जाना रेलवे ने मृतकों के निकटतम परिजनों को पांच पांच लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है रेल मंत्री पीयूष गोयल के कार्यालय ने ट्वीट कर बताया कि दुर्घटना में गंभीर रूप से घायलों को एक एक लाख रूपये और मामूली तौर पर घायल लोगों को पचास पचास हजार रूपये दिए जाएंगे घायलों के इलाज का प्रा खर्च भी रेल मंत्रालय वहन करेगा रेलवे ने इस दुर्घटना के जांच के आदेश भी दे दिए हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दूर्घटना में मारे गए लोगों के प्रति शोक व्यक्त किया है एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि रेलवे एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों की ओर से पीडितों की हरसंभव सहायता की जा रही है राज्यपाल लालजी टंडन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी दुर्घटना पर दुःख व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है राज्य सरकार ने प्रत्येक मृतक के परिवार को चार लाख रूपये और घायलों को पचास हजार रूपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है द्र्घटनाग्रस्त ट्रेन के अन्य डब्बों में पंद्रह सौ यात्रियों को लेकर एक विशेष रेलगाड़ी दोपहर बाद दानापुर से आनंद विहार के लिए रवाना हुई है ये विशेष ट्रेन उन सभी स्टेशन पर रूकेगी जिन पर सीमांचल एक्सप्रेस रूकती थी ट्रेन दुर्घटना के कारण सोनपुर मंडल से गुजरने वाली सत्रह ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है जबकि एक दर्जन ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जा रहा है पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि नई दिल्ली डिब्र्गढ़ राजधानी एक्सप्रेस और बलिया स्यालदा एक्सप्रेस को मुजफ्फरपुर बरौनी के रास्ते चलाया जा रहा है इसी तरह कल चलने वाली पाटलिपुत्र सहरसा जनहित एक्सप्रेस को मोकामा बरौनी के रास्ते चलाया जाएगा भारतीय जनता पार्टी ने आगामी लोक सभा चूनाव के अपने घोषणा पत्र में लोगों के सुझाव शामिल करने के लिए एक महीने के अभियान की शुरूआत की है भारत के मन की बात मोदी के साथ नाम के इस अभियान का शुभारम्भ आज पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह और गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में संयुक्त रूप से किया इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि विश्व में अपनी तरह का यह पहला अभियान होगा उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के जरिए किसानों युवाओं महिलाओं विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा सहित विभिन्न मुद्दों पर लोगों से सुझाव मांगे जायेंगे बाईट राजनाथ सिंह हमारी ये संकल्प पत्र समिति समाज के सभी स्टेकहोल्डर्स और विषय विशेषज्ञों के साथ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पर्टिकुलर सेक्टर्स के जो स्पेशेलिस्ट होंगे हम उनसे भी भेंट करके उनकी राय को जानने की कोशिश करेंगे पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि यह भाजपा का नहीं बल्कि नये भारत के निर्माण का अभियान है

ये कार्यक्रम भारत के गरीब का जीवन स्तर उठाने के लिए ये कार्यक्रम देश के गौरव को दुनिया में प्रतिस्थापित करने के लिए आसमान की ऊंचाई तक ले जाने के लिए है ये कार्यक्रम नये भारत के निर्माण के लिए है प्रधानमंत्री ने सभी से कहा है कि वे भारत के मन की बात मोदी के साथ अभियान में भाग लें श्री मोदी ने एक ट्वीट संदेश में कहा है कि सहभागी लोकतंत्र भाजपा को लिए भरोसे का मुद्दा है उन्होंने कहा कि जनता की आवाज सबसे महत्वपूर्ण है इसलिए लोगों के सुझावों से पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र की रूपरेखा तैयार की जायेगी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए तत्परता से काम कर रहे हैं श्री राय ने आज मुजफ्फरपुर में बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल विकास कार्यों में रोड़ा डाल रहे हैं उन्होंने उम्मीद जतायी कि आगामी लोकसभा चुनाव में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों के गठबंधन की जीत होगी श्री गांधी ने आज पटना के गांधी मैदान में आयोजित जन आकांक्षा रैली को संबोधित करते हुए कहा कि राजद सहित अन्य विपक्षी दलों के साथ आगामी लोकसभा का चुनाव लड़ा जाएगा उन्होंने कहा कि कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनने पर किसानों के कर्ज माफ किये जाएंगे कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र में उनकी सरकार आई तो देश के हर एक गरीब व्यक्ति को न्यूनतम आय की गारंटी दी जाएगी वहीं प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पटना विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया जाएगा रैली मे राजस्थान मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों के अलावा राजद नेता तेजस्वी यादव हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी लोक जनतांत्रिक जनता दल के प्रमुख शरद यादव और रालोसपा के नेता उपस्थित थे कांग्रेस की रैली पर विभिन्न राजनीतिक दलों ने मिली जुली प्रतिक्रिया दी है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने रैली को फ्लॉप बताते हुए कहा कि सत्ता से बेदखल नेता लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं वहीं जदयू और लोजपा ने भी रैली को विफल बताते हुए कहा कि महागठबंधन में शामिल दल सिर्फ सत्ता के लिए एक साथ नजर आ रहे हैं भाजपा ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण पर सभी विपक्षी दलों से अपना रुख स्पष्ट करने की मांग की है भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उनकी पार्टी अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के संकल्प पर द्रढ़ता से खड़ी है उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर सभी विपक्षी दलों को भी अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए श्री शाह ने कहा कि वर्ष उन्नीस सौ तिरानवे में राम मंदिर निर्माण के लिए अधिगृहित की गयी जमीन को मोदी सरकार ने राम जन्मभूमि न्यास को सौंपने का फैसला किया है उन्होंने कहा कि राम मंदिर के निर्माण में विपक्ष को अब रोड़ा नहीं डालना चाहिए प्रयागराज में चल रहे कुंभ मेले में कल मौनी अमावस्या के अवसर पर दूसरे शाही स्नान का आयोजन होगा शाही स्नान के लिए दुनिया भर से एक करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच चुके हैं अनुमान है कि इस अवसर पर तीन करोड़ से अधिक लोग स्नान करेंगे मौनी अमावस्या के शाही स्नान को देखते हुए मेडिकल सेवाओं को प्ररी तरह अलर्ट पर रखा गया है पश्चिमी चंपारण के बगहा और सारण जिले में अलग अलग दुर्घटनाओं में तीन लोगों की मौत हो गयी

वहीं बगहा में उत्पाद विभाग की टीम ने खैरवा गांव में छापेमारी कर दो लोगों को लगभग सौ बोतल शराब के साथ गिरफ्तार किया है बेतिया पुलिस ने नगर थाना क्षेत्र के बसवरिया से दो हजार रुपये के दो सौ जाली नोटों के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है अररिया में जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक मेडिकल टीम ने जोकीहाट प्रखंड के महलगांव थाना क्षेत्र के आधा दर्जन गांव में खसरा से पीड़ित बच्चों के खून का नमूना एकत्र किया है सारण जिले के दिघवारा मे आज स्वर्गीय रामजंगल सिंह मेमोरियल फुटबाल टूर्नामेंट के फाइनल मैच मे चितरंजन ने धनबाद की टीम को एक गोल से पराजित किया इस अवसर पर स्थानीय भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूढी भी उपस्थित थे